मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में ये घोषणा की उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ किए बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो का आरक्षण लागू किया जाएगा उन्होंने बताया कि मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एक सप्ताह के अंदर इस आशय के आदेश जारी कर देंगे सरकार जीईएम केन्द्र सरकार ने महिला उद्यमियों और स्वःसहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने में समर्थ बनाने के लिए जीईएम पोर्टल शुरू किया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऑन लाइन प्लेटफार्म होगा जिससे सरकारी विभाग सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां और अन्य एजेंसियां वस्तु और सेवाओं की खरीद करेंगी इस पहल का उद्देश्य महिला उद्यमियों को समान आर्थिक विकास के अवसर देना है इस पहल से महिला उद्यमियों के लिए स्थानीय तौर पर आर्थिक अवसर बढ़ेंगे

उन्होंने बताया कि मंत्रालय द्वारा युवाओं से संपर्क कर सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और दस्तावेज तैयार होते ही ये भारत लौटेंगे गौरतलब है कि कुछ एजेंटों ने इन युवाओं को गुमराह कर टूरिस्ट वीज़ा पर सऊदी अरब भेजा था समीक्षा बैठक केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए कल सोलन में एक बैठक आयोजित की गई

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्कूलों में जाकर क्षय रोग के प्रति बच्चों को जागरूक करने के निर्देश दिए एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर अंब अंदौरा रेललाइन के लोकापर्ण से जुड़ी खबर को आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है पंजाब केसरी का शीर्षक है अंब और कांगडा के बीच बिछेगी देवी सर्किट रेललाइन अमर उजाला दैनिक जागरण और आपका फैसला की लगभग एक जैसी सुर्खी है ब्रॉडगेज रेललाइन से जुडेंगे हिमाचल के चार शक्तिपीठ दैनिक भास्कर के शब्द हैं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने हिमाचल को दी दो ट्रेनों की सौगात दिव्य हिमाचल के अनुसार तीन साल में नंगल तलवाड़ा रेललाइन से जुड़ेगा मुकेरियां हिमाचल दस्तक ने लिखा है अंब दौलतपुर रेलवे ट्रैक पर दौड़ेगी ट्रेन हिमाचल में अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है बोर्ड ने घाटे और बीते दो सालों से दरें न बढ़ाने का दिया हवाला नियामक आयोग को दी याचिका

विभिन्न विभागों की समीक्षा करेगी जयराम सरकार दिव्य हिमाचल की एक खबर है प्रदेश कांग्रेस गुटबाजी पर खबर को अमर उजाला लिखता राहुल ने तलब की वीरभद्र सुक्खू में घमासान की रिपोर्ट दैनिक भास्कर के शब्द हैं हाईकमान के पास पहुंचा वीरभद्र सुक्खू विवाद प्रदेश प्रभारी रजनी ने मांगी रिपोर्ट दिव्य हिमाचल के शब्द हैं सुक्खू के पक्ष में कांग्रेस लामबद

पंजाब केसरी की एक खबर है उना जिला में स्वाइन फलू से दो की मौत इसी पत्र के अनुसार कसौली गोलीकांड मामले का सुप्रीम कोर्ट ने किया निपटारा एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में लिखा है ब्रांडेड दवाइयों के सामने जनऔषधि का पर्याय साबित करते करते वर्षो गुजर गए लेकिन डाक्टरों की कलम न सस्ती दवाई लिख पाई न ही सरकारों के प्रयास सही दिशा अख्तियार कर पाए शीर्षक है दवाइयों का अभिप्राय विदेश का मायाजाल शीर्षक से दैनिक जागरण ने सुझाव देते हुए लिखा है कि सरकार वैध ट्रैवल एजेंटों की सूची जारी करे ताकि धोखा देने वाले बेनकाब हो सके